प्रदेश के खिलौना उद्यमियों ने मेले के आयोजन के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया

न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकल वस्तओं से निर्मित हैं श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है

राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्ल्सटर विकसित करने का प्रयास किया गया है

श्री मोदी ने जयपुर के कठप्रतली निर्माताओं से बच्चों में हाथ धोने और मास्क पहनने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए नाटक तैयार करने का आग्रह किया जयपुर की कठपुतली बनाने वाली कलाकार विमला देवी भाट ने खिलौना मेला आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया

हमारे चित्तौडगढ संवाददाता ने बताया कि टॉयफेयर के आयोजन से जिले के बस्सी में लकडी से खिलौने बनाने वाले व्यवसायी और कारीगर आने वाले समय में खिलौना व्यापार के लिए बहुत आशान्वित हैं

इस मेले में खिलौना उद्योग के सौ विशेषज्ञ और जानकार वक्ता भाग लेंगे

राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी किए है

टीकाकरण के इस चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं

इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ दस लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं

जिले के लाडेला और कुलधरा गांवों में इस दौरान पर्यटकों के लिए प्रतियोगिताएं रखी गई हमारे संवाददाता ने बताया कि मरू महोत्सव का समापन आज देर शाम आतिशबाजी के साथ होगा

गिरिराज प्रसाद शर्मा महासचिव निर्वाचित हुए हैं उपाध्यक्ष के दो पंदों पर निधि खंडेलवाल तथा भरत यादव चूने गये हैं संयुक्त सचिव पद पर विवेक शर्मा और कोषाध्यक्ष पद पर विवेक जोशी निर्वाचित घोषित किये गये है